सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने का आग्रह किया है देश भर में स्वामित्व योजना का श्भारंभ करने के लिए आयोजित एक समारोह में आज श्री मोदी ने ग्रामीण भारत के लोगों के हौसले की सराहना की उन्होंने कहा कि पिछले साल सभी लोगों ने पूरी निष्ठा से कोविड सम्बंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन कर क्छ ही समय में राष्ट्र को इस महामारी से मुक्ति दिलाने में मदद की थी एक साल पहले पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था तब मैंने आप सभी से आप्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका नियाएं आप सभी ने बड़ी कुशलता से न केवल कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका बल्कि गांव में जागरुकता पहंचाने में भी बहत बढ़ी भूमिका निमाई इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनौती है यो बुनौती पहले र्स जरा प्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहचने नहीं देना है उसे रोकना ही है

श्री मोदी ने देशवासियों से सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की

इस मुश्किल समय में कोई मी परिवार मूखा न सोए हमारी जिम्मेदारी है कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को छिर से आगे बढ़ाया है

प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ग्रामीण भारत महामारी को जबर्दस्त टक्कर देगा और बहत ही जल्द इसके प्रकोप से उबरकर सामने आएगा ग्राम पंचायतों के महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपनी प्रत्येक नीति और प्रयासों में गांवों को केन्द्र में रखकर आगे बढ़ रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह छिहत्तरवीं कड़ी होगी मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समुचे नेटवर्क पर तथा अकाशवाणी समाचार वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर भी प्रसारित किया जाएगा इस कार्यक्रम का आकाशवाणी दरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यट्युब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा

न्यायमुर्ति एन वेंकट रमणा ने आज भारत के अडतालीसवें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई उन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल कल पूरा हो गया समारोह में उपराष्ट्रपति एम रेंकैया नायड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे देवरिया जिले के पैकौली कृटी के सातवें पयहारी महाराज राघवेन्द्र दास जी का कल निधन हो गया वह कृछ समय पूर्व कोरोना की चपेट में आ गये थे